धर्मशाला के समीप जदरांगल में कल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही कही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आंतकवाद को शह देने के लिए जल्द कार्यवाही करेगा केंद्र सरकार ने इस कड़ी में कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं जिसके चलते केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेर्वड राष्ट्र का दर्जा हटा दिया है निर्वाचन समिति प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एक राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण समिति का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि ये समिति राजनीतिक दलों व संगठनों से टीवी चैनलों केबल नेटवर्क रेडियो वीडियो सोशल मीडिया वेबसाईटों पर विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से निपटने के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटारा करेगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अतिरिक्त सचिव चुनाव की अध्यक्षता में किया गया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम प्रसारित होगा मौसम प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में बीती रात व्यापक वर्षा व ओलावृष्टि हुई हालांकि आज अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं

जिला पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि मौसम खूलने पर ही तलाशी अभियान शुरू हो पाएगा लाहौल स्पीति जिले में खराब मौसम का देखते हुए प्रशासन ने आज और कल जबकि कुल्लू जिले में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं मौसम विभाग ने आज पर्वतीय व मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा व हिमपात जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है अखबारों की सुर्खियों पर आम समाचार पत्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास और बारिश बर्फबारी से हुए नुकसान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हवाले से सुर्खी दी है तीन साल में तैयार होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों कैंपस पंजाब केसरी के शब्द हैं तीन वर्ष में बनेगी सीयू देहरा व धर्मशाला के जदरांगल में बनेगा कैम्पस

दैनिक भास्कर का शीर्षक है दस साल बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जावड़ेकर ने कहा विकास के नए द्वार खुलेंगे जबकि दैनिक जागरण का कहना है देश का श्रेष्ठ शोध केंद्र बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल के युवाओं को मिलेगी गुणात्मक उच्च शिक्षा हिमाचल दस्तक ने लिखा है धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं प्रकाश जावड़ेकर ने रखी सीयू की आधारशिला मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में भारी बर्फबारी बारिश व ओलावृष्टि ने मचाई तबाही पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल में आफत भरी बारिश कई जगह भूस्खलन दैनिक भास्कर के शब्द हैं भारी बारिश से कुल्लू में लैंडस्लाइडिंग कई घरों और सड़कों को नुकसान हिमखंड की चपेट में आए सेना के जवानों के तलाशी अभियान पर दैनिक भास्कर लिखता है फिर गिरा ग्लेशियर दबे जवानों का सुराग नहीं

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बर्फबारी ने जवानों की तलाश में डाली बाधा एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय सुशासन की काबिलीयत में लिखा है कि डयूटी से नदारद छह कर्मचारियों को सस्पेंड करके भरमौर के एसडीएम ने साबित कर दिया है कि बर्फबारी के आगोश में सुशासन की धड़कनें बंद नहीं हो सकती